प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ये योजना बीमारी और गरीबी के कुचक को तोड़ेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ता व किफायती बनाएगी इस अवसर पर शिमला के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया

उन्होंने बताया कि देश में एक वर्ष के भीतर करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और वे बेहतर जीवन जी रहे हैं

तीन तलाक के मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से देश की लाखों मुस्लिम महिलाओं को वर्षों बाद न्याय मिला है

उन्होंने केन्द्र सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि आज से ही नामांकन भरने की प्रकिया शुरू हो गई है पहले दिन आज दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया

तीन अक्तूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकते हैं

इस बीच सिरमौर के ज़िला निर्वाचन अधिकारी आरके परूथी ने निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन कर दिया है

शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाएगा शिमला में आज अंतर महाविद्यालय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों के बिना विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेलों को शिक्षा के साथ जोड़ने पर कार्य किया जा रहा है

वीरेन्द्र कंवर पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए मुर्गी पालन बकरी पालन और पशुपालन से जोड़ा जा रहा है बिलासपुर ज़िले की सुई सुरहाड़ पंचायत में पश् मंडी व किसान मेले के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष एक लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है